सिंगरौली की शिक्षिका ऊषा दुबे और बड़वानी के अतुल पाटीदार के कार्यों को बताया प्रेरणादायक

प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखा जा रहा है रामनवमी और विजयादशमी का उत्साह

पर्व और त्यौहारों की खरीददारी का जिक करते हुए उन्होंने लोगों से स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश और प्रदेश के ऐसे लोगों का जिक किया जिन्होंने अपने अनुठे कार्यों से न केवल लोगों की मदद की बल्कि समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया इस सिलसिले में उन्होंने प्रदेश की सिंगरौली की शिक्षिका उषा दूबे की सराहना की जिन्होंने अपनी स्कृटी को ही चलते फिरते पुस्तकालय में बदल दिया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़वानी जिले के किसान और उद्यमी अतुल पाटीदार को भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बताया

एंकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका ऊषा द्वे का जिक किया है जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही मोबाइल लायब्रेरी में बदल दिया है बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर पुकारते हैं आइये आपको सुनाते हैं ऊषा दुबे की प्रेरक कहानी जो अन्य शिक्षकों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है

वहीं प्रशासन द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है इन्दौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है इनमें मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संबंध में मतदान केन्द्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ साथ सुरक्षित मतदान के तौर तरीके भी बताये जा रहे हैं शिवपुरी जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा ने बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों की रैली रंगोली मेहंदी और दीवार लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित हो रहीं हैं स्वसहायता समूह की महिलाएं आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान का महत्व बता रही हैं

नवरात्र विजयदशमी नवमी और दशमी तिथि दो तारीखों में पड़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज नवरात्रि पर्व का समापन अनुष्ठान किया जा रहा है वहीं विजयादशमी का पर्व भी मनाया जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनायें दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य का प्रतीक है वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आये प्रदेशभर में विजयादशमी का पर्व कोविड के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाया जा रहा है